प्रधानमंत्री ने कहा कि बाधाओं से उबरकर लगन के साथ काम करना भारत के आदर्शों में शामिल है उन्होंने कहा कि देश के गौरवशाली इतिहास में निराश करने वाले क्षण आए हैं लेकिन लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश कठिन परिस्थितियों से उबरा है और अद्भुत कार्य किये हैं बाइट हमें पीछे मुड़कर निराश नहीं होना है हमें सबक लेना है सीखना है आगे ही बढ़ते जाना है और लक्ष्य की प्राप्ति तक रूकना नहीं है हम निश्चित रूप से सफल होंगे हम मिशन के अगले प्रयास में भी और उसके बाद के हर प्रयास में भी कामयाबी हमारे साथ होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि आनंदित हाने के अनेक अवसर आएंगे उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम की जब बात आती ह तब हम कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभी होना है प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम की तहे दिल से सराहना की

देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ फिर तो यह बहुत सारी हमें चीजें देता रहेगा

प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई और उन्हें आगे बढ़ते रहने को कहा

बेगलूरू में इसरो के नियंत्रण केन्द्र ने बताया है कि लैंडर विक्रम के उतरने की प्रक्रिया निर्धारित दो दशमलव एक किलोमीटर की दूरो रह जाने तक सामान्य थी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस प्रक्रिया को देखने के लिए इसरो के नियंत्रण केन्द्र में मौजूद थे

इनका चयन दश भर में अंतरिक्ष प्रश्नोत्तरी के जरिये किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गृहमंत्री अमित शाह सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसरो वैज्ञानिकों की पूरी टीम को उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए बधाई दी इन नेताओं ने अपने टवीट संदेश में कहा कि देश को इसरो पर गर्व है और पूरा देश इन वैज्ञानिकों के साथ है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस अभियान से अनेक महत्वाकांक्षी अभियानों की नींव रखी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि देश के वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता और दृष्टि हम सभी के लिये प्रेरणा का स्रोत है उन्होंने विश्वास जाहिर किया कि देश अंतरिक्ष कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन जारी रखेगा बसपा प्रमुख मायावती ने भी इसरो वैज्ञानिकों की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा है कि वैज्ञानिकों को हताश होने की जरूरत नहीं है बल्कि इस मिशन को समर्पण के साथ जारी रखने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार देश के विकास के साथ साथ राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रही है श्री योगी आज प्रतापगढ़ जिले में लगभग दो अरब रूपये की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे

इससे पहले मुख्यमंत्री श्री योगी ने अम्बेडकर नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले ढाई वर्षो के दौरान प्रदेश में क़ानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है और समाज के सभी वर्गो को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है तथा बेरोज़गार युवकों को नौकरियां दी गई हैं बाइट ढाई वर्ष हमारी सरकार के प्रदेश के अन्दर पूरे होने जा रहे हैं और इन ढाई वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कि एक भी दंगा प्रदेश के अन्दर नहीं हुआ कोई दंबग जबरन किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता

बालिकाओं की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं कर सकता

आज मोल भाव कोई नहीं कर सकता नौजवान योग्य है तो आवेदन करे नौकरी उसका इंतजार कर रही है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

केन्द्रीय बाल विकास महिला और कपड़ा मंत्री स्मृति जबिन ईरानी ने भारतीय रेल को देश की विकास की धुरी बताते हुए कहा है कि देश के सर्वांगीण विकास और भारत के नवनिर्माण में भारतीय रेल की महत्वपूर्ण भूमिका है श्रीमती ईरानी न यह बात आज लखनऊ में उत्तर रेलवे के मंडल कार्यालय में रेलवे के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में कही इस दौरान उन्होंने अमेठी संसदीय क्षेत्र में रेलवे द्वारा सम्पादित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की अमेठी क्षेत्र में इस समय पांच सौ पचास करोड़ रूपये लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है इसमें साठ किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण और यात्री सुविधाओं का संवर्धन भी शामिल है यह सभी काम कई चरणों में पूरे किये जायेंगे इससे पहले श्रीमती ईरानी ने आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर पोषण मिशन अभियान के बारे में चर्चा की बाद में श्रीमती ईरानी ने एक ट्वीट में कहा कि कुपोषण मुक्त भारत की संकल्पना को मूर्तरूप देने में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होगी श्रीमती इरानी ने कहा कि पोषण अभियान को सफल बनाने के लिये उन्होंने मुख्यमंत्री से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और अन्य सरकारी संस्थाओं मदद लेने पर चर्चा की

आर्थिक मामलों के सचिव के नेतृत्व में यह टास्क फ़ोर्स चालू वित्त वर्ष में शुरू की जा सकने वाली तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यावहारिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान करेगा इसके अलावा कार्यबल वार्षिक अवसंरचना निवेश लागतों का अनुमान लगाने तथा वित्त पोषण के उपयुक्त स्रोतों की पहचान करने में मंत्रालयों का मार्ग दर्शन करेगा

प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा निवेश प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिये ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के आयोजन की रणनीति बनाई जा रहो है श्री सिंह कल लखनऊ में निवेश प्रोत्साहन के बारे में उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे उन्होंने कहा कि सीमान्त छोटे और मंझोले उद्योगों में प्रंजी निवेश के लिये निवेशकों को आकर्षित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमी आसानी से पूंजी निवेश कर सके प्रदश में पिछली दो इंवेस्टर्स समिट का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनके आयोजन से साढ चार लाख करोड़ रूपये से अधिक के एक हज़ार चौहत्तर निवेश प्रस्ताव मिले हैं इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिये एक साल के अन्तराल पर दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई प्रदेश सरकार लोगों में सांस्कृतिक अभिरूचि को बढावा देने के उद्देश्य से गोरखपुर सहित कई ज़िलों में प्रेक्षागृहोंका निर्माण करा रही है संस्कृति विभाग द्वारा लखनऊ में जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह प्रेक्षागृह गोरखपुर के अलावा ग़ाज़ीपुर बदायूं अयोध्या मथुरा सहित कई जनपदों में बनाये जा रहे हैं इसी क्रम में लखनऊ में आर्काईवल गैलरी और सांस्कृतिक संकुल की स्थापना की जा रही है इसके अलावा प्रदेश की समृद्धिशाली लोकसंगीत के नृत्य और गीत परम्पराओं से आम लोगों को परिचित कराने के लिये तथा प्रतिष्ठत कलाकारों के साथ नवोदित कलाकारों को मंच देने के उददेश्य से विभिन्न जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है